अच्छी खबर में प्रस्तुत है एक रिपोर्ट शिक्षा नीति केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नये कदम उठाए हैं उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिये नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है इसका उद्वेश्य स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करना भी है

बड़े स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक़मों की शुरूआत से वंचित तबके के छात्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिल रही है इसके अलावा सरकार खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी कांग्रेस अध्यक्ष यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष च्ने जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि चुनौतियों के इस दौर में श्रीमति गांधी के लम्बे अनुभवों का लाभ और मार्गदर्शन सभी को मिलेगा उनके कृशल नेतृत्व से संगठन को मजबूती मिलेगी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे पार्टी कार्यसमिति का बुद्धिमता भरा फैसला बताते हुए कहा कि हम सभी उनके साथ हैं वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी श्रीमति गांधी को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर इसे गौरव की बात बताया है

श्रावण सोमवार प्रदेश में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार पर कल राजधानी भोपाल सहित सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की चौथी सवारी निकाली जायेगी सवारी के रवाना होने के पूर्व मंदिर के सभामंडप में महाकालेश्वर की पूजा की जायेगी

खंडवा के ओंकारेश्वर में शिवभक्तों का आना शुरू हो गया है कल श्रद्वालु नर्मदा स्नान के साथ जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे वहीं मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारियों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वहीं आगरमालवा जिले में निकलने वाली प्राचीन शिवालय श्रीबैजनाथ महादेव की शाही सवारी की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों को इस मौके पर आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्दालुओं का भारी संख्या में आना शुरू हो गया है ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा ईदगाह सहित प्रमुख मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी राजधानी भोपाल में ईद की विशेष नमाज ईदगाह में होगी नमाज़ से पहले शहर काजी सैयद मुस्ताक अली नदवी इस्लाम में स्वच्छता के विषय पर मज़हबी तकरीर करेंगे साथ ही देश में अमन और ख़ुशहाली के लिये सामुहिक दुआ का भी आयोजन है इंदौर में सबसे पहले ईद की नमाज़ ईदगाह में पड़ी जाएगी टीकमगढ़ में सिविल लाइन स्थित ईदगाह में विशेष नमाज़ अदा की जाएगी धार में ईद की नमाज़ कल सुबह साढ़े नौ बजे होगी खंडवा में इस अवसर पर कलेक्टर एसपी सहित तमाम जनप्रतिनिधि ईदगाह मैदान पर मौजूद रहेंगे पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं उधर दाउदी बोहरा समाज आज ईद उल अजहा का पर्व मना रहा है

मौसम बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है ज्यादातर बड़े बांधों के गेट खुलने से बाढ़ का पानी भी अब कम होने लगा है और जनजीवन सामान्य होने लगा है हालांकि कई नदियां अब भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से धूप खिली हुई है नगर में कल देर रात कुछ देर के लिये तेज हवाओं के साथ बारिश हुई कल सुबह भदभदा बांध के दो गेट खोले गये थे जिससे करीब तीन घंटे तक पानी छोड़ा गया मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश पर बना वर्षा का सिस्टम उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ गया है

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के पांचवे अंक में आज बात भोपाल की जहां मस्जिदों में दीन के साथ स्वच्छता की तालीम भी दी जा रही है